प्रधानमंत्री ने कहा त्योहारों पर लगने वाले मेलों के दौरान जल संरक्षण का संदेश व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर विद्यार्थियों के लिए जल्द ही होगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन विद्यार्थियों को मिलेगा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केन्द्र जाने का मौका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नरेन्द्र मोदी एप पर परमानेंट ब्रुक्स कॉर्नर बनाने का सुझाव दिया ताकि लोग किताबों पर चर्चा कर सकें श्री मोदी ने मृंशी प्रेमचन्द की किताब नशा का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों को इस किताब को पढ़ने का आग्रह किया था जिसके बाद विभिन्न लोगों ने कई किताबों के बारे में भी अपने विचार साझा किए इसलिए बुक्स कॉर्नर बनाने का उपाय उनके मन में आया कार्यक्रम में श्री मोदी ने जल संरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे है

प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए बैक दू विलेज कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम देशभर में होने चाहिए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता ने सरकार के साथ सीधा संवाद किया अधिकारियो ने लगभग एक हफ्ते तक विभिन्न पंचायतों में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी श्री मोदी ने अमरनाथ और केदारनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्वालू यहां पहुंचे है

उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को मजबूत करने के साथ रक्षा उत्पादन और उपकरण के स्वदेशीकरण पर बल दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के बीच एकजुटता के महत्व पर जोर दिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी का कल रात हैदराबाद में निधन हो गया

उन्हें कुछ दिन पहले तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था वे केन्द्र में विभिन्न सरकारों में केंद्रीय सूचना और प्रसारण शहरी विकास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रहे थे

भारतीय सेना की दक्षिण कमान मुख्यालय की ओर से हो रही इस प्रतियोगिता में पांच चरण होगें प्रतियोगिता के पिछले चार संस्करण रूस में आयोजित किए गए थे गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेलों का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है जयपुर के बस्सी और चाकसू तहसीलों में पिछले तीन दिन में हुई भारी बारिष से कल कई जगह एनीकट और छोटे तालाब ट्रट गए

जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने मौके पर पहंच कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

इधर ब्रंदी जिले में कल रात हुई बारिश के बाद बाढ जैसे हालात हो गए है हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के लोग बाढ़ के हालात को देखते हुए छतों पर पहुंच गए है शहर के नवलसागर तालाब में पानी की भारी आवक के बाद नागदी बाजार में मकानों सहित द्रकानों में भी पानी घूस गया है